राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में आज लगाई जायेंगी लोक अदालतें

सम्मान पाने वालों में तेजाब हमले की पीड़िता तथा सामाजिक कार्यकर्ता प्रज्ञा प्रसून रानी मिस्त्री सुनीता देवी भारत की पहली महिला मरीन पायलट रेशमा नीलोफर नाहा महिला कमांडर प्रशिक्षक डॉ सीमा रॉव आध्यगित्मक और प्रेरक वक्तो ब्रह्म कमारी शिवानी और वन्यम जीव संरक्षक सोनिया जब्बार शामिल हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय नारी सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में अनवरत सेवा के लिए यह पुरस्काजर प्रदान करता है इस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कायर लखनऊ के वन स्टॉप सेंटर को भी दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालक बालिका अनुपात में उल्लेखनीय योगदान के लिए तमिलनाडु राज्य समाज कल्याण तथा पोषण आहार विभाग को यह पुरस्कार प्रदान किया गया

इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से चलाए जा रहे स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी देखी प्रधानमंत्री ने महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका है

महिला दिवस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कल पूरे प्रदेष में मनाया गया रायसेन में ग्राम पंचायतों में सबला महिला सभाएं आयोजित की गई सभाओं में महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक विकास एवं उनके कल्याण से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में कई कार्यालयों का संचालन सिर्फ महिला कर्मचारियों द्वारा ही किया गया गुना में बेटी बचाओ बेटी पढाओ थीम पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रैली निकाली गई छिंदवाडा जिले के जुन्नारदेव में जय हो ग्रुप के सदस्यों ने महिला एवं बालिकाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी वहीं ग्वालियर में मनाए जा रहे राज्यस्तरीय बिटिया उत्सव का आज दूसरा दिन है

कल स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में बिटिया उत्सव का श्भारंभ प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ समारोह की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने की भाजपा आंदोलन प्रदेष भाजपा द्वारा आज प्रदेशव्यापी धिक्कार आंदोलन आयोजित किय गया है भाजपा का आरोप है कि कमल नाथ सरकार द्वारा किसानों युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गो के साथ निरंतर धोखाधड़ी की जा रही है भाजपा अध्यक्ष राकेष सिंह ने कहा कि कमल नाथ सरकार द्वारा पूर्व सरकार की जनकल्याण की योजनाओं को बंद किया जा रहा है इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेशव्यापी धिक्कार आंदोलन करेगी इस दौरान सभी जिलों में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा आमजन के सहयोग से सिंगरौली सहित सम्पूर्ण प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित किया जायेगा

योजना के तहत उन हितग्राहियों का ऋण माफ किया जायेगा जिन्होंने मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण लिया है

उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कर्नाटक मध्यप्रदेश के किसानो से कर्जमाफ़ी का झूठ बोला है